उन्होंने कहा कि किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की वयवसथा जारी रखी जाएगी उन्होंने कहा कि कृषि स्धार विधेयक से किसानों को सही मायने में बिचौलियों और अन्य बाधाओं से म्क्ति मिलेगी यह बात प्रधानमंत्री ने कल बिहार में कोसी रेल महासेत् को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्र को समर्पित करते हए कहा श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि इस कानून से देश के किसान अधिकार सम्पन्न बनेंगे और किसानों को नयी टेकनॉलोजी का फायदा मिलना सुनिशचित किया जा सकेगा उनहोंने कहा कि कई ताकतें नए कानून के बारे में किसानों को भ्रमित करने की कोशिशों में लगी हैं लेकिन उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों की उपज की सरकारी खरीद जैसी व्यवस्थाओं को जारी रखा जाएगा प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कानून से किसानों को और ताकत मिलेगी और उनके सामने कई विकलप खुल जाएंगे

अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बाढ़ में बहे दो लोगों में से एक के शव को बरामद कर लिया गया है जबकि दूसरा लापता है ऐसा कहा जा रहा है कि नदी के ऊपर अचानक बड़े पैमाने पर ह्ई भूस्खलन से नदी में बाढ़ आ गई म्ख्यमंत्री पेमा खाण्ड् ने कई नदियों और नालों में बारिश के कारण हई बाढ़ की वजह से विशेषकर लेपारादा जिले में जानमाल के न्कसान और बाढ़ से वेस्ट सियां सियांग और ईस्ट सियांग जिलों को हए न्कसान पर द्रख व्यक्त किया है बाढ़ से ह्ई मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हए श्री खाण्ड् ने सरकारी मानदंडो के अन्सार राहत म्हैया कराने का आश्वासन दिया लिकाबाली को लेपारादा जिले के साथ जोड़ती एगो प्ल का बाढ़ में ढह जाने के कारण म्ख्यमंत्री ने सभी यात्रियों से अपील की कि जब तक कोई दूसरा विकल्प नहीं रखा जाता है तब तक लिकाबाली आलो सड़क से यात्रा करने से बचे श्री खाण्डू स्थिति से उत्पन्न समस्या को कम करने और जीवन तथा संपत्तियों की स्रक्षा के लिए लगातार जिला प्रशासन और संबंधित विभागों के साथ संपर्क में है आपदा प्रबंधन विभाग बाढ़ से ह्ई सार्वजनिक संपत्तियों के न्कसान का आकलन कर रहा है चूंकि सड़क के कई स्थानों पर अवरुद्ध होने के कारण क्षति के तथ्यात्मक आंकड़ो का आकलन किया जाना बाकी है मुख्यमंत्री ने सभी तीन जिलों में सार्वजनिक संपत्तियों धान के खेतों और अन्य उपयोगिता सेवाओं को ह्ए नुकसान का आकलन करने का भी निर्देश दिया है

एक सौ तिरासी नए मामलों में से ईटानगर राजधानी क्षेत्र में सबसे अधिक तिरानबे मामले की रिपोर्ट है वहीं पाप्मपारे जिले से बत्तीस लोअर दिबांग वैली से दस क्रुंग क्मे से सात अपर स्बनसिरी से छह चांगलांग लोअर स्बनसिरी और लोहित से पांच पांच तवांग ईस्ट सियांग वेस्ट सियांग और लोंगडिंग से तीन तीन पाके केसांग अंजाव और अपर सियांग से दो दो और लोअर सियांग तथा तिरप से एक एक मामला सामने आया है

सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा है कि सरकार को पता चला था कि क्छ राज्य अपने अपने क्षेत्रों में स्थित विनिर्माण इकाइयों से ऑक्सीजन की अंतर राज्यीय आपूर्ति पर रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं उन्होंने कहा कि क्छ राज्य अपने यहां स्थित विनिर्माताओं और आप्रर्तिकर्ताओं को आदेश दे रहे हैं कि वे ऑक्सीजन की आपूर्ति राज्य में स्थित अस्पतालों तक सीमित रखें श्री भल्ला ने कहा कि मेडिकल ऑक्सीजन जन स्वास्थ्य से संबंधित अनिवार्य वस्त् है और इसकी आपूर्ति में रूकावट डालने से देश के अन्य भागों में रोगियों के उपचार पर गंभीर द्ष्प्रभाव पड़ सकता है

दौरे के दौरान अधिकारियों ने आई जी सी के अंडर एमएस ऐथर अलॉयस एल एल पी के सिविल निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और औद्योगिक इकाई के कार्य की प्रगति पर संत्ष्टि व्यक्त की बाद में दोनों अधिकारियों ने पासीघाट में जिला उद्योग केंद्र और चिंद्रोनेला डीस्टिलेशन यूनिट का भी दौरा किया और विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर पासीघाट में जिला औद्योगिक एस्टेट में चल रही औद्योगिक गतिविधियों का जायजा लिया